आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि पारम्परिक खेल लोगों के साथ संवाद कौशल में सुधार लाने में उपयोगी साबित होते हैं

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह इस बात को साबित करता है कि जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत के बढ़ते नेतृत्व को विश्वव्यापी स्वीकृति मिल रही है

प्रधानमंत्री ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें भी याद किया

अपने संबोधन में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को मानवता के अस्तित्व के लिए जुरूरी बताया और कहा कि प्लास्टिक से उत्पन्न प्रदूषण समूचे विश्व के लिए चिंता का विषय है जयराम ठाक्र ने कहा कि राज्य सरकार प्लास्टिक के कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए परियोजनाएं आरम्भ कर रही है इसके लिए शिमला में संयंत्र स्थापित करने के बाद दो अन्य संयंत्र कुल्लू और बद्दी में लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को भी प्लास्टिक के द्वष्प्रमावों के प्रति जागरूक बनाने पर बले दिया

कुल्लू में आज मनाली दिल्ली एसी डीलक्स बस सेवा के शुभारम्भ पर उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार प्रयासरत है

उन्होंने कहा कि इस विश्राम गुह के परिसर को ईको ट्रिज्म की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व प्रभारी अमित यादव इस दौरान विशेष रूप से मौजूद रहे

सर्दियों में बर्फबारी के चलते बंद हुए इस दर्रे के खुलने से चम्बा से पांगी जाने वाले लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी उपायुक्त हरीकेश मीणा ने आज चम्बा में बताया कि ये दर्रा पांगी घाटी की लाइफ लाइन है और इसके बहाल होने से पर्यटकों को भी सुविधा होगी उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में साच दर्रे और पांगी घाटी की तरफ पर्यटकों का रूझान बढा है ऐसे में साच दर्रे पर सुविधाएं देने के लिए ज़िला प्रशासन प्रयासरत है

नाहन से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार पिछले कुछ वर्षो से इस स्थान पर श्रद्वालुओं की संख्या लगातार बढती जा रही है चोटी पर ठण्ड व पानी की कमी के चलते श्रद्वालुओं को कई मुश्किलें पेश आ रही हैं

इन बसों में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे की सुविधा होगी इसके अलावा शहर में स्मार्ट रोड नेटवर्क विकसित करने के साथ साथ बैरियर मक्त बस शैल्टर भी बनाये जायेंगे